मंडी जिले के बाद अब कांगड़ा और चम्बा जिलों में तीन और कोरोना एक्टिव मरीज पाए गए है ये तीनों दिल्ली और सोलन जिला के बद्दी से लौटे हैं प्रदेश में अब पांच कोरोना एक्टिव मामले हो गए है हमारे चम्बा संवाददाता विकास ठाकुर के अनुसार दो नए मरीज चम्बा के सलूनी उपमंडल के रहने वाले हैं

इन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल चम्बा में आज दाखिल किया जाएगा इनके परिजनों और इनके सम्पर्क में आए सभी लोगों के सैंपल आज जांच के लिए भेजे जाएंगे इस बीच तीसरा मामला कांगड़ा जिले के जमानाबाद का है जो हाल ही में चार अन्य लोगों के साथ दिल्ली से लौटा था जिसे कांगड़ा के समीप छेब क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था मरीज को आईसोलेशन सेंटर बैजनाथ में शिफ्ट किया गया है

बद्ध पूर्णिमा आज बुद्ध पूर्णिमा है बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इस उपलक्ष पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोगों को अपने संबोधन में शुभ कमानाएं और शांति संदेश दिया उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से होना चाहिए और भारत मानवता के लिए विश्व हित में काम कर रहा है

लॉकडाउन तीन में रियायतें मिलने के बाद बैंकों के समय में बदलावा किया गया है

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर समय में बदलाव कर दिया है हालांकि कुछ जिलों में कर्फ्यू में ढील का समय अलग होने पर जिला उपायुक्त के मुताबिक बैंकों को खोलने के आदेश दिए गए है

ऊना सील ऊना जिला के गगरेट से वापिस जम्मू भेजे गए एक युवक में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है हमारे ऊना जिला संवाददाता राजेश शर्मा के अनुसार गगरेट सहित अम्बोटा और कालोहा पंचायतों को सील कर दिया है कोरोना संक्रमित युवक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और गगरेट में मार्केटेंग कम्पनी में काम करता था लॉकडाउन के चलते दो मई को गगरेट से जम्मू के लिए रवाना किया गया था

इन सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए आज भेजे जाएंगे इसके अलावा जिन पुलिस स्वास्थ्य और राजस्व अधिकारियों ने कोरोना संक्रमित युवक के दल और जिंद भेजे गए दलों को रवाना किया गया था उन्हें भी होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज भी अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है कांगड़ा और चम्बा के तीन युवक कोरोना पॉजिटिव दिव्य हिमाचल के शब्द हैं एक दिन में मिले तीन मरीज

हिमाचल दस्तक के अनुसार कांगड़ा चम्बा में तीन पॉजिटिव दिल्ली बद्दी से लौटे तीनों जबकि आपका फैसला का कहना है हिमाचल में कोरोना के तीन और नए केस दिल्ली बद्दी से लौटे थे युवक हिमाचल के सत्तर फीसदी उद्योगों में उत्पादन शुरू अमर उजाला की एक ख़बर है

आपका फैसला लिखता है मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने का किया आग्रह भारी भरकम बिजली बिल चुकाने को रहें तैयार शीर्षक से अमर उजाला के शब्द हैं घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग से ढाई महीने का एक साथ बिल देने बोर्ड ने फिल्ड में भेजे कर्मचारी इसी पत्र की एक अन्य ख़बर है कैबिनेट बैठक कल शराब पर कोरोना सेस लगाने की तैयारी